दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की कोरोना के विरूद्ध लड़ाई और टीकाकरण कार्यक्रम विश्व के लिए एक उदाहरण बना है उन्होंने कहा कि भारत में कोविड वैक्सीन कार्यक्रम और नागरिकों को टीकाकरण करने का कार्यक्रम विश्व में सबसे अधिक तेज़ी से हो रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भारत की प्रंशसा के विदेशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से संदेश प्राप्त हये है

श्री मोदी ने कहा कि भारत आज विश्व सेवा करने के योग्य है भारत दवाओं और वैक्सीन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है उन्होंने कहा कि यही विचार आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी सहारा देता है उन्होंने कहा कि भारत के सक्षम बनने से विश्व भारत से अनेक लाभ प्राप्त करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को आस्ट्रेलिया में सीरीज़ जीतने पर बधाई दी उन्होंने कहा कि खिलाडिय़ों को मेहनत और टीमवर्क प्ररेणादायक है

श्री मोदी ने इस समय को उत्कृष्ट बताते हये कहा कि येसमय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़े स्थानों को खोजने का महत्वपूर्ण समय है

महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है परन्तु अक्सर गांवों में इस तरह के बदलाव की कोई चर्चा नहीं की जाती

अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी चिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है उन्होंने कहा कि योगा दिवस पर चिल्ली संसद की सदन मे उत्साह होता है अभी कोरोनाकाल में वहां योगा को और अधिक महत्व दिया जा रहा है श्री मोदी ने बताया कि चिल्ली कांग्रेस ने चार नवम्बर को राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया है उन्होंने कहा कि चिल्ली की संसद दवारा लिये गये इस फैसले से प्रत्येक भारतीय गर्व महसूस करता है

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सड़क सुरक्षा प्रति सरकार के साथ व्यक्तिगत और सांझे स्तर पर कई प्रयास किये जा रहे है

इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ स्रेन्द्र जैन के अलावा हरियाणा प्रान्त के संघ चालक श्री पवन जिंदल अभियान के प्रांत प्रम्ख श्री राकेश त्यागी भी उपस्थित थे उन्होंने मुख्यमंत्री को श्री जन्मभूमि मंदिर के प्रारूप का चित्र भी भेंट किया अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए करनाल में एक महीने के लिए निधि समर्पण अभियान की आज से श्रुआत की गई

कल राष्ट्रपति भवन मे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियों बूंद पिलाकर इस अभियान की शुरुआत की

हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने बात पर बल देते ह्ये कहा कि जब तक पोलियो पूरी दुनिया से खत्म नहीं हो जाता तब सर्तक रहने तथा बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता को कायम रखने की जरूरत है आज विभिन्न क्षेत्रों में पोलियो की दवाई पिलाने का कार्य श्रू हो गया है

रोहतक जिले में भी एक लाख अट्ठाईस हजार बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है

उन्होंने लोगों से अपील की वह अपने पांच वर्ष तक से बच्चों को निकटवर्ती ब्थ पर लेजाकर पोलियो की दो बूंद अवश्य पिलाये